राज्य सरकार ने पुलिस मुख्यालय में पुलिस परिवार कल्याण सेल का किया गठन

इनमें से अस्सी मरीज राजधानी रायपुर से मिले हैं वहीं बिलासपुर से इक्कीस राजनादगांव और दूर्ग से नौ नौ बालोद से आठ जांजगीर चांपा से सात तथा गरियाबंद जिले से पांच नये मरीजों की पहचान हई है राजधानी रायपुर में आज मिले अस्सी कोरोना संक्रमित मरीजों में मंगल बाजार इलाके में रहने वाले एक ही परिवार के अट्ठारह संदस्य शामिल हैं इसके अलावा नगर निगम के पूर्व अधिकारी सहित दो पत्रकार भी कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं इसके अलावा एसपी कार्यालय में पदस्थ एक हेड कांस्टेबल भी कोरोना संक्रभित पाया गया है राजधानी का मंगल बाजार इलाका हॉटस्पॉट बना हुआ है जहां से बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं बिलासपुर जिले में आज इक्कीस नये मरीजों की पहचान हुई है जिनमें बिलासपुर शहर से छह मस्तूरी से नौ और बिल्हा से छह मरीज शामिल हैं सात वर्षीय एक बालक भी कोरोना पॉजीटिव पाया गया है उधर राजनांदगांव जिले में आज कोरोना संक्रमित नौ मरीज मिले हैं जिनमें से तीन आईटीबीपी के जवान हैं वहीं दो मरीज राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र से हैं

वहीं दूर्ग जिले में भी आज शाम तक नौ नये कोरोना पॉजीटिव मरीजों की पुष्टि हुई है इनमें से सात मरीज बीएसएफ के जवान हैं जो अग्रसेन भवन में क्वारेंटाइन थे सभी मरीजों को जिला कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है इधर जांजगीर चांपा जिले में आज सात नये कोरोना पॉजीटिव मरीज मिले थे जिला पंचायत सीईओ तीर्थराज अग्रवाल ने बताया कि जिले में अब सक्रिय मरीजों की संख्या अडसठ हो गई है उधर महासमुंद जिले में कल दो कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई थी इनमें से एक मरीज महासमुद विकासखंड के ग्राम नांदगांव और दूसरा पिथौरा विकासखंड के सांकरा के कुम्हारपारा का रहने वाला है इस बीच कोरोना महामारी के बढते प्रभाव के चलते राजभवन में आगामी इकतीस जुलाई तक सभी सौजन्य भेंट मुलाकात कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है आवश्यक होने पर नागरिकगण राजमंवन सचिवालय में पत्र भेजकर या दूरभाष पर विषय से अवगत करा सकते हैं सिंहदेव समीक्षा बैठक स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज रायपूर में स्वास्थ्य विमाग के अधिकारियों की बैठक लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की इस मौके पर उन्होंने सभी जिलों के स्वास्थ्य केन्द्रो समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की स्वास्थ्य मंत्री ने चर्चा के दौरान अधिकारियों को स्वच्छता को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए साथ ही जिन जिलों में चिकित्सा उपकरणों की कमी है उन्हें चिन्हांकित कर आगे की कार्ययोजना बनाने को कहा उन्होंने कोरोना संक्रमण के दौरान जनसेवा से जूड़े चिकित्सकों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि चिकित्सकों की निष्ठा और समर्पण से छत्तीसगढ बेहतर प्रदर्शन कर रहा है श्री सिंहदेव ने आपातकालीन सेवाओं एक सौ दो एक सौ आठ और एक सौ बारह की समीक्षा करते हुए कहा कि ये सेवाएं समाज के लिए जरूरी है प्रदेशवासियों को और बेहतर सुविधा भिल सके इसके लिए सभी को जिम्मेदारी से कार्य करना होगा एम्स उपलब्धि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर में कोरोना संक्रमित भिलाई के नवासी वर्षीय एक बुजुर्ग एमएस मिश्रा पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद अपने घर लौट आया है यह छत्तीसगढ़ का सबसे उम्रदराज कोरोना संक्रमित मरीज था जिन्होंने कोरोना वायरस को मात दिया है इसके लिए उन्होंने और उनके परिजनों ने एम्स के डॉक्टरों का आभार व्यक्त किया है एम्स के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने बताया कि इस ब्रज़ुर्ग मरीज को उनतीस जून को कोरोना संक्रमण के बाद दो जुलाई को एम्स रायपुर में भर्ती किया गया था आठ जुलाई को उनके दो सैंपल निगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया उन्होंने बताया कि दुनियाभर के ऑकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमण साठ वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए अधिक घातक होता है फिर भी एम्स से इस आयू वर्ग के कई कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं ऐसे में नवासी वर्षीय श्री मिश्रा का पूर्णतः स्वस्थ होकर घर लौटना चिकित्सकों का मनोबल और बढाएगा उन्होंने कहा कि यदि धैर्य से इलाज किया जाए और विकित्सकों की सलाह के अनुरूप दवा ली जाए तो कोरोना संक्रमित मरीज अधिक आय में भी ठीक हो सकते हैं

गोधन न्याय योजना प्रतीक चिन्ह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने आज रायपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के प्रतीक चिन्ह लोगो का विमोचन किया राज्य सरकार आगामी बीस जुलाई को हरेली पर्व के दिन से गोधन न्याय योजना की शुरूआत करेगी वहीं गौसेवा महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने कल गौसेवा आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अभिनंदन किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना गांवों की माली हालत सुधारने सहित ग्रामीणों को स्वावलंबी बनाने में कारगर साबित होगी उन्होंने बताया कि योजना के तहत पश्पालकों से गोबर की खरीदी भी की जाएगी इससे पश्ओं की खुले में चराई पर रोक लगेगी और पशुपालन के प्रति लोगों का रूझान बढ़ेगा

इस दौरान श्री कौशिक ने राज्यपाल को बताया कि राज्य सरकार द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ दर्भावनापूर्वक कार्रवाई की जा रही है श्री कौशिक ने पखांजूर में भाजपा कार्यकर्ता के घर में हई तोडफोड़ की घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की इस मौके पर सांसद मोहन मंडावी पूर्व विधायक सुमित्रा मारकोले सहित पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे भाजपा जनसंपर्क अभियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में जनसंपर्क अभियान चला रही हैं इस दौरान भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता गांव गांव और घर घर जाकर लोगों को केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दे रहे हैं इसी कड़ी में आज जांजगीर में विधायक नारायण चंदेल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात कर उन्हें केन्द्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी इस मौके पर विधायक नारायण चंदेल ने कहा कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में कीर्तिमान रचने के साथ गरीबों के हित में कई योजनाएं बनाई दूसरे कार्यकाल में भी गरीबों के हित में अनेक फैसले लिए गए जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है

पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने निर्देश दिए हैं कि ंसेल द्वारा पुलिस बल के अधिकारियों कर्मचारियों के अलावा सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी शहीद और मृत कर्मचारियों के परिजनों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर तत्काल कार्रवाई करते हुए निराकरण किया जाए उधर महासमुंद जिले में स्पंदन अभियान के तहत आज पिथौरा थाना परिसर में परेड का आयोजन किया गया इस मौके पर पुलिस अधीक्षक प्रफूल्ल ठाक्र ने परेड और वेपनड़िल का निरीक्षण कर जवानों को पुरस्कृत किया परेड में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को यूनिक पहचान पत्र आईडी का वितरण किया गया इस दौरान श्री ठाकर ने पुलिस कर्मचारियों से बातचीत की और उनकी समस्याए सुनीं साथ ही सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के गुर बताए और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के सचिव प्रोफेसर व्हीके गोयल ने बताया कि बारहवीं की परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्रों के माध्यम से आगामी बाईस से उनतीस जुलाई तक असाइनमेंट कार्य का वितरण किया जाएगा इसी तरह दसवीं की परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र के माध्यम से अगले महीने चार से नौ अगस्त तक असाइनमेंट कार्य दिया जाएगा उन्होंने बताया कि परीक्षार्थियों को जिस दिन असाइनमेंट दिया जाएगा उसे दो दिन के भीतर संबंधित परीक्षा केन्द्रों में जमा करना अनिवार्य होगा कक्षा बारहवीं के लिए असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि चौबीस से इकतीस जलाई तक रहेगी वहीं कक्षा दसवीं के परीक्षार्थियों के लिए असाइनमेंट जमा करने की आखिरी तारीख छह से ग्यारह अगस्त तक होगी इस दौरान अवकाश के दिनों में भी असाइनमेंट प्राप्त करने और जमा करने का कार्य किया जाएगा गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी की मुख्य और अवसर परीक्षा कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अभी तक आयोजित नहीं हो पाई है तबादला राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीन अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है जारी आदेश के मुताबिक दो हजार नौ बैच के आईएएस अवनीश शरण को राज्य कौशल विकास अभिकरण के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है वहीं दो हजार छह बैच के आईएएस एलेक्स पॉल मेनन को छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गह निगम के प्रबंध संचालक के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है श्री मेनन पर्व की तरह खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपमोक्ता संरक्षण तथा स्टेट वेयर हॉउसिंग कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक का काम देखते रहेंगे उनकी जगह दो हजार तीन बैच के आईएएस नीलेश क्षीरसागर को छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है राजनांदगांव रेलवे कार्य रेलवे द्वारा राजनांदगांव से बोरतालाब रेलवे स्टेशन तक तीसरी लाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है पूर्ण लॉकडाउन के दौरान यह काम करीब महीनेभर बंद रहा राजनादगांव से बाकल और डोंगरगढ़ से जटकन्हार तक बेस बनाने के बाद अब पटरी बिछाने का काम किया जा रहा है मोतीपुर रामनगर क्षेत्र में भी तीसरी रेललाइन का काम शुरू हो गया है रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि तीसरी लाइन का काम दूर्ग से राजनांदगांव तक पूरा हो चुका है बोरतालाब तक इसका विस्तार किया जा रहा है अधिकारियों ने बताया कि साल के अंत तक तीसरी लाइन में ट्रेनें चलनी लगेंगी रोजगार कैम्प प्रवासी मजदूरों को रोजगार से जोड़ने के लिए बिलासपुर जिले की जनपद पंचायत मस्तूरी में रोजगार कैम्प का आयोजन किया गया इस कैम्प में मस्तूरी और आसंपास के गांवों कर्रा टिकारी भदौरा पेण्ड्री लिमतरा और मुड़पार के लगभग अड़तीस प्रवासी श्रमिकों ने हिस्सा लिया इस दौरान विभिन्न उद्योगों में तेरह श्रमिकों का चयन किया गया बस्तर दशहरा पचहत्तर दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की शुरूआत हरियाली अमावस्या के दिन आगामी बीस जुलाई को पाठजात्रा पूजा विधान के साथ होगी बस्तर दशहरा समिति ने सभी नागरिकों माज्ञी चालकी मेंबर पुजारी राउत और जनसमुदाय से बीस जुलाई को जगदलपुर में सुबह ग्यारह बजे दंतेश्वरी मंदिर के सामने आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है सड़क दुर्घटना कबीरधाम जिले में आज हुई एक सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक रायपुर रोड के दुल्लापुर और सोनपुरी के पास मेटाडोर और ट्रक के बीच आमने सामने की भिडंत हुई जिसमे मेटार्डोर के चालक और परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई वहीं ट्रिंक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया संक्षिप्त समाचार जांजगीर चांपा जिले की हसौद प्रलिस ने रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर अठासी लाख रूपये की ठगी करने वाले दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है इस मामले में अब तक पांच लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है कोंडागांव जिले के पेंड्रावन क्वारेंटाइन सेंटर से भागने वाले दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है महासमुद पुलिस ने आज दो अलग अलग स्थानों पर छह लाख रूपये कीमत के गांजे के साथ छह लोगों को गिरफ्तार किया है बिलासपुर में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया है जिनमें से चार नाबालिग है पुलिस ने उनके पास से अलग अलग जगहों से पंद्रह मोटरसाइकिलें बरामद की है